सक्रिय प्रकरणों में भी आई कमी

योजना के तहत ग्रामीण भारत में संपत्ति से जुड़े मामलों के वैध समाधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश के जरिए कहा है कि कल का दिन ग्रामीण भारत के लिये एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है उन्होंने सवामित्व योजना को करोड़ो भारतीयों के जीवन के लिये मील का पत्थर बताया

योजना में ड्रोन सर्वे तकनीक की सहायता से गांव के आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा इससे भू संपत्ति मालिक अपने संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे इसका इस्तेमाल लोन आदि के आवेदन समेत अन्य आर्थिक लाभ के लिए किया जा सकेगा संपत्ति कार्ड अलग अलग राज्यों में संपत्ति कार्ड को अलग अलग नाम दिए गए हैं प्रदेश में इसे अधिकार अभिलेख के नाम से जाना जाएगा हरदा जिले के लाभार्थी इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं

भाजपा द्वारा आज मंडल सम्मेलनों का आयोजन किया गया इन्हें केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गेहलोत फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया मंदसौर की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सीतामउ में कार्यकर्ताओं से केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गेहलोत ने चुनाव में कोविड नियमों का पालन करने की अपील की

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अशोकनगर जिले के सहोदरी में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए

कांग्रेस की और से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल अशोकनगर के राजपुर में आमसभा को संबोधित करेंगे मतदाता जागरूकता जिन सीटों पर उप चुनाव होना है वहां मतदाता जागरूकता की गतिविधियां चलाई जा रही हैं अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये आज शहर में जागरूकता रैली निकाली गई यहां मतदाताओं को तीन नवंबर को आवश्यक रूप से वोट देने की शपथ भी दिलाई गई उधर राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट पर होने वाले उपचुनाव में स्वीप प्लान के तहत पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं विधानसभा उपचुनाव के व्यय प्रेक्षक आज शिवपुरी पहुंचे वहीं मुरैना में आज पुलिस अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई जिसमें अम्बा मेहरगांव और अटेर के थानों के प्रभारी शामिल हुए

इधर प्रदेश में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या सवा लाख से ज्यादा हो गई है

बैठक में क्र षि एवं खाद्य विभाग को निर्देशित किया गया कि खरीदी के लिए किसानों की सुविधानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि समर्थन मूल्य पर किसान की पूरी उपज खरीदी जाए बैठक में धान की खरीदी किसानों को राशि के भुगतान और उपार्जित धान के भंडारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है इस अवसर पर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने अवसादमुक्त करने और तनाव दूर करने के संबंध में वर्चुअल माध्यम से संगोष्ठी और परिचर्चा जैसे कार्यकम आयोजित किये गये खंडवा जिले के हेल्थ वेलनेस सेंटर पर मानसिक रोगों के बारे में जानकारी दी गई वहीं देवास में इस मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये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

श्री पासवान का निधन गुरूवार को हो गया था

श्री तोमर का आज गृहग्राम तरसमा में पूर्ण सेन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

एसआई पर रिश्वत लेने का आरोप था